सिंगल विन्डो सिस्टम कॉलोनी और टाउनशिप के विकास के लिए अब सभी प्रकार की अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र सिंगल विन्डो सिस्टम से मिलेंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया है तथा एक माह के भीतर विस्तृत आदेश जारी करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने आवास और पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग घोषित करने के साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने कहा है इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जहां बिल्डर सभी विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे आवेदनों को पंजीकृत करने के बाद संबंधित विभागों को भेजा जाएगा कलेक्टर हर सप्ताह समय सीमा की बैठक में इसके लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और अधिकतम तीन माह के भीतर सभी प्रकार की अनुमतियां एकल विन्डो सिस्टम से अपर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रदान की जाएंगी गौरतलब है कि प्रदेश के बिल्डर एसोसिएशन ने हाल ही में मुख्यमंत्री से भेंट कर एकल विन्डो सिस्टम लागू करने की मांग की थी मनरेगा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का बजट बढ़ाने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है गौरतलब है कि मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में रोजगार सुजन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है वहीं कार्य समाप्ति के बाद समय सीमा में मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया के मामले में यह देश में पांचवें स्थान पर है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की सराहना की है आयुष्मान भारत विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत को देशभर में लोगों का भारी समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के उद्घाटन भाषण में आयुष्मान भारत योजना के आकार के बारे में बताया और कहा कि इस योजना का आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास है हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा यही है सबका साथ सबका विकास

एक हजार तीन सौ गंभीर बीमारियों का इलाज सुलभ होगा आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने कहा कि अब तक इस योजना से पैंतीस लाख लोगों को लाभ मिला है और बारह लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है डहरिया कार्यशाला नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनाएगी उन्होंने कहा कि चार्टेड अकाउंटेंट प्रदेश देश और दुनिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सबसे बेहतर उद्योग नीति बनाने में योगदान दे चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर श्री डहरिया ने कहा कि चार्टेड एकाउंटेंट प्रदेश के आर्थिक विकास में खुलकर सुझाव दें उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को समझने का अवसर भी मिलेगा साथ ही राज्य के विकास के लिए सही दिशा की जानकारी भी मिलेगी बारिश बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं दंतेवाड़ा और बीजापुर में चार लोग बह गए वहीं जगदलपुर में मकान ढहने से एक किशोर की जान चली गई

इधर बीजापुर जिले में बीते तीन दिनों से हुई भारी बारिश के चलते इंद्रावती नदी उफान पर है जिससे सीमावर्ती राज्यों से आवागमन कट गया है

वहीं कुछेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती हैं ट्रेन परिचालन महाराष्ट्र के मुंबई में भारी वर्षा होने के कारण मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित रहेगा आज हटिया से चली हटिया कुर्ला एक्सप्रेस मनमाड़ तक ही चलेगी वहीं कुर्ला से चलने वाली कुर्ला हटिया एक्सप्रेस पांच अगस्त को रद्द रहेगी बोर्ड निलंबन पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने राजनांदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बोर्ड को अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है अपने आदेश में पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने कहा है कि निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और राजनांदगांव सहकारी संस्था के उप पंजीयक इस समिति के सदस्य होंगे तथा संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे आईईडी बरामद सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने बीस किलो का आईईडी बम बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान केरलापाल फुलबगड़ी सड़क के किनारे सुरक्षा बलों ने बीस किलो का विस्फोटक बरामद किया जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया उप महाधिवक्ता नियुक्ति राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में पैरवी करने के लिए आठ उप महाधिवक्ता तेरह शासकीय अधिवक्ता और दस उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है विधि और विधायी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हमीदा सिद्दिकी जितेन्द्र पाली हरप्रीत सिंह अहलुवालिया चंद्रेश श्रीवास्तव देवेन्द्र प्रताप सिंह रजनीश सिंह बघेल मतीन सिद्दिकी और अमृतो दास को उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है वहीं आलोक निगम संजय अग्रवाल पीयूष भाटिया आदिल मिन्हास राहुल झा विमलेश वाजपेयी राघवेन्द्र वर्मा देवेश वर्मा रवीश वर्मा केके सिंह घनश्याम पटेल अयाज नवेद और सुनीता जैन को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है इसके अलावा समीर शर्मा गगन तिवारी विक्रम शर्मा आनंद वर्मा दिनेश आरके तिवारी सुदीप वर्मा सिद्धार्थ दुबे रवि भगत ऋचा शुक्ला और आकांक्षा जैन को उप शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल पंड्या के निधन पर दुःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री पंड्या ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और समाज हित के कार्यों में भी आजीवन सक्रिय भागीदारी निभाई उनका निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में हर बुधवार को होने वाला जन चौपाल कार्यक्रम आगामी सात अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहेगा रायपुर के जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल पांच अगस्त को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है